मेजबान बिहार की टीम का मुकाबला सिक्किम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के उन सभी सत्रह आश्रय गृहों की जांच सीबीआई को सौंपी जायेगी जहां यौन उत्पीड़न के मामले सामने आये हैं न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की तरह अन्य आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण के मामले में पुलिस जांच पर गहरा असंतोष जताया है पीठ ने कहा कि बिहार पुलिस इस मामले में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रही है पीठ ने सीबीआई के वकील को इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करने को कहा मामले की सुनवाई आज भी होगी गौरतलब है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जांच रिपोर्ट में प्रदेश के सत्रह आश्रय गृहों में यौन शोषण की बात सामने आयी थी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले डेढ़ महीने में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना से तीन लाख गरीब लोगों को फायदा हुआ है नई दिल्ली में अपनी पुस्तक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉरमेशन अंडर मोदी गर्वमेंट के विमोचन समारोह में श्री जेटली ने कहा कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को धन उपलब्ध कराने के लिए देश को अधिक संसाधनों की आवश्यकता है इसीलिए एनडीए सरकार व्यवसाय और गरीब दोनों की ही समर्थक है श्री जेटली ने कहा कि अगर देश को अगले एक या दो दशकों में बाकी दुनिया की तुलना में तेजी से बढ़ना है तो ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ानी होगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा ट्रेजरी में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है श्री मोदी ने कहा कि यह केवल तकनीकी और प्रक्रियागत त्रुटि का मामला है उन्होंने कहा कि महालेखाकार द्वारा जतायी गयी आपत्तियों के निराकरण के लिए कागजात उपलब्ध करा दिये गये हैं भारतीय स्टेट बैंक ने खाताधारकों से तीस नवम्बर तक मोबाईल नम्बर लिंक करा लेने को कहा है बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहक का मोबाईल नम्बर पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में नेट बैंकिंग सुविधा बंद कर दी जायेगी वहीं बैंक ने बड्डी एप को भी अपडेट कराने को कहा है साथ ही पेंशन खाता के लिए तीस नवम्बर तक ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा तय की गयी है एसबीआई ने ग्राहकों से इकतीस दिसम्बर तक मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड की जगह ईएमवी चिप वाला एटीएम कार्ड लेने को कहा है पुराने एटीएम कार्ड इस साल के अंत तक ही मान्य होंगे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बक्सर से वाराणसी के बीच नई मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना करेंगे इधर पटना के बख्तियारपुर और बाढ़ के बीच नन इंटरलॉकिंग काम के कारण चार ट्रेनों के परिचालन समय में परिवर्तन किया गया है वहीं सात ट्रेनें नियंत्रित कर चलायी जायेंगी पटना सहरसा राज्यरानी एक्सप्रेस दोपहर साढ़े बारह बजे की जगह दो बजे खुलेगी केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा वर्ष दो हजार सत्रह में नौ हजार आठ सौ उनचालीस सिपाहियों की हुई भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है दो सौ पैंतीस अभ्यर्थियों की अब तक हुई हैंड राईटिंग जांच में दो सौ उनतीस फर्जी पाये गये हैं इन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है इसमें छब्बीस जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के मधुबनी बस स्टैंड स्थित एसबीआई के एक एटीएम से अपराधियों ने पासवर्ड हैक कर इकतालीस लाख रूपये लूट लिये इस मामले में एटीएम कैश लोड एजेंसी के इंचार्ज के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लूट के दौरान एटीएम में तोड़फोड़ की गयी और सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया गया पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में बीस साल बाद आज रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है इससे पूर्व उन्नीस सौ सतानवे अठानवे में बिहार की टीम ने बड़ौदा के खिलाफ मोईनुलहक स्टेडियम में मैच खेला था हालांकि साठ साल पहले उन्नीस सौ अठावन में पटना के गांधी मैदान में पहली बार रणजी मैच का आयोजन किया गया था आज से शुरू होने वाले चार दिवसीय मुकाबले में मेजबान बिहार का मुकाबला सिक्किम से होगा बिहार टीम की कप्तानी बाबुल को सौंपी गयी है टीम के कोच सुब्रतो बनर्जी ने कहा कि बिहार की टीम के हौसले बुलंद हैं देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पटना और गया शीर्ष पांच शहरों में शामिल हो गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में तीसरे स्थान पर गया जबकि पांचवें स्थान पर पटना है गया की हवा में धूलकण की औसत मात्रा एक सौ उनचास जबकि पटना में एक सौ चौवालीस पायी गयी है ये आंकड़ा निर्धारित मानक चालीस से साढ़े तीन गुणा से अधिक है प्रदेश में निर्माणाधीन दो सौ तैंतीस पुलों के निरीक्षण के लिए कल और परसों विशेष अभियान चलाया जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इसके लिए इकतीस टीमों का गठन किया गया है रेरा ने पटना स्थित एक निजी निर्माण कम्पनी पर उनतीस लाख चौवालीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है कम्पनी पर आरोप है कि उसने बिना निबंधन कराये खगौल के लखनीबिगहा में एक प्रोजेक्ट की शुरूआत कर दी थी और लोगों से बुकिंग के मद में पैसे भी वसूले थे पटना के शेखपुरा स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से हृदय की बाईपास सर्जरी शुरू होगी दरभंगा के एक मरीज का पहला ऑपरेशन होगा अस्पताल में बाईपास सर्जरी के लिए मरीजों को मात्र पचहत्तर हजार रूपये खर्च करने होंगे प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विभागीय मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया है यह कमिटी नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए उपाय सुझाएगी विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया बिहार लोक सेवा आयोग ने चौसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है परीक्षार्थी आयोग की वेबसाईट बीपीएससी डॉट एनआईसी डॉट इन से चौदह दिसम्बर तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं सोलह दिसम्बर को होने वाली परीक्षा के लिए पैंतीस जिला मुख्यालयों में केन्द्र बनाये गये हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ग्यारहवीं कक्षा में पंजीयन कराने वाले छात्रों के लिए फार्म का प्रारूप जारी कर दिया है पंजीयन प्रक्रिया छह दिसम्बर से शुरू होकर बीस दिसम्बर तक चलेगी बिहार स्टेट मदरसा एज़ुकेशन बोर्ड ने मौलवी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है परीक्षा में पचासी प्रतिशत अभ्यर्थी सफल घोषित हुये है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जायेगी नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कल से नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है इधर चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने जन सम्पर्क अभियान तेज कर दिया है सारण जिले के दाउदपुरनगर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार और एकमा थाने में पदस्थापित दारोगा ललन कुमार सिंह का रिश्वत लिये जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना मुन्ना को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र छापेमारी के दौरान बरामद किये गये हैं उनसे भी पूछताछ की जायेगी छपरा जंक्शन से पुलिस ने पचास नरमुंड विदेशी मुद्रा और विदेशी सिम कार्ड के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया चेकपोस्ट से पुलिस ने पैंतालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के विदुपुर पठानटोला डीह गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन उनचालीस कार्टन विदेशी शराब जब्त की है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की हुई सुनवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों से दुष्कर्म को मामूली पिटाई का केस बना दिया चौबीस घंटे में सही धाराओं में केस दर्ज करे बिहार सरकार प्रभात खबर लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज क्यों नहीं बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से जुड़ी खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है विपक्ष के हंगामे से दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित दैनिक जागरण की सुर्खी है हंगामे के बीच पारित हुआ जीएसटी संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सहारा लिखता है हॉकी विश्व कप का ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ रंगारंग आगाज आज की सुर्खी है बीस सालों बाद बिहार में रणजी का पहला मुकाबला आज से

मेजबान बिहार की टीम का मुकाबला सिक्किम से